जल संरक्षण और प्रभावी जल प्रबंधन का किया आहवान केंद्र उत्तस्प्रदेश तथा मध्यप्रदेश ने केन बेतवा नदी संपर्क परियोजना के कार्यान्वयन संबंधी समझौते पर किए हस्ताक्षर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्यौहारों के मद्देनजर खाद्य सामग्री की ग्णवत्ता की जांच करने के दिए निर्देश प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूल कल से इकत्तीस मार्च तक रहेंगे बंद मथ्रा के बरसाना में आज खेली जायेगी विश्व प्रसिद्ध लट्ठमार होली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत का विकास और उसकी आत्मनिर्भरता जल सुरक्षा और जल संपर्क पर निर्भर है विश्व जल दिवस के अवसर पर कल जल शक्ति अभियान के तहत वर्षा जल संरक्षण के अभियान का वर्चअल तरीके से शुभारंभ करते हए श्री मोदी ने कहा कि जल स्रक्षा और जल प्रबंधन हमारी आने वाली पीढियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के साथ साथ ही जल संकट की चुनौती गंभीर होती जा रही है देश की वर्तमान पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह आने वाली पीढ़ियों के प्रति दायित्वों को पूरा करे श्री मोदी ने जल जीवन मिशन में महिलाओं की अधिक भागीदारी का आहवान किया प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने अपनी नीतियों और निर्णयों में जल अभिशासन को प्राथमिकता बनाया है पिछले छह वर्षो में इस दिशा में कई कदम उठाये गये हैं श्री मोदी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी हर ब्रंद अधिक फसल और नमामि गंगे मिशन जल जीवन मिशन अटल भू जल योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन सभी कार्यक्रमों पर तेजी से अमल किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि जल शक्ति अभियान के बारे में जागरूकता बढ़ रही है उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि ग्रामीण लोग अब वर्षा जल को बचाने लगे हैं और दूसरों को भी पानी के सही उपयोग के बारे में बता रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पानी पैसे से भी ज्यादा बहुमूल्य है लेकिन देश में जल संसाधनों के संरक्षण की अमी कमी है श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत में वर्षा जल का बेहतर तरीकों से प्रबंधन किया जा रहा है इससे भू जल पर देश की निर्मरता कम होगी इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्षा जल संचय के कैच द रेन जैसे अभियान चलाये जा रहे हैं और इनमें कामयाबी हासिल करना बहत जरूरी है उन्होंने कहा कि सुखे के दौरान होने वाले नुकसान को वर्षा जल के संरक्षण से नियंत्रित किया जा सकता है इस अवसर पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने केन बेतवा संपर्क परियोजना पर अमल करने के समझौते पर हस्ताक्षर किये यह परियोजना नदियों को आपस में जोड़ने की राष्ट्रीय योजना के तहत एक पहल है इसके अंतर्गत केन नदी से बेतवा नदी में पानी पहंचाने के लिए दाउधन बांध और दोनों नदियों को जोड़ने वाली नहर का निर्माण किया जायेगा इससे हर साल दस लाख बासठ हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जा सकेगी इसके अलावा परियोजना से करीब बासठ लाख लोगों को पीने का पानी और एक सौ तीन मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी यह परियोजना पानी की भारी किल्लत वाले ब्देलखंड के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी मध्यप्रदेश के पन्ना टीकमगढ़ छतरपुर सागर दमोह दतिया विदिशा शिवपुरी और रायसेन जिले तथा उत्तर प्रदेश के बांदा महोबा झांसी और ललितप्र जिलों को विशेष रूप से इस परियोजना का लाभ होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्यौहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग को पूरी सक्रियता से बाजारों में बिक रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच करने के निर्देश दिए हैं लखनऊ में कल विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजारों में बेचे जा रहे सरसों के तेल की भी गुणवत्ता की जांच की जाए श्री योगी ने सभी जनपदों में तहसील दिवस और थाना दिवस को और प्रभावी बनाए जाने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जनपदों में जिलाधिकारी जनता की समस्याओं और शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करें मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम में आग से होने वाली द्र्घटनाओं को रोकने के लिए राहत आयक्त कार्यालय और जनपद स्तर पर राजस्व प्रशासन को सक्रिय रहने के निर्देश दिए श्री योगी ने एक अप्रैल से गेहूं खरीद के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के भी निर्देश दिए प्रदेश सरकार ने राज्य में कक्षा एक से आठ तक के सभी स्कूलों को कल से इकत्तीस मार्च तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य अधिकारियों के साथ राज्य में कोविड की स्थिति की समीक्षा की राज्य में कोविड के नए मामलों की संख्या में वृद्वि देखी जा रही है जिसकी वजह से सरकार संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उपाय कर रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में निर्देश रिए कि प्रदेश में बिना अनुमति के कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जा सकेगा और ना ही कोई जुलूस निकाला जा सकेगा उन्होंने कोविद के हालात के महेनजर गांव में ग्राम पंचायत स्तर पर और शहरों में वार्ड स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड नाइन्टीन के प्रति प्री सतर्कता बरतने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव और उपचार की प्रभावी व्यवस्था को बनाये रखा जाये और लोगों को इसके बारे में लगातार जागरूक किया जाये मुख्यमंत्री कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता पर बल देते हए कहा कि इसमें कोई कोताही न बरती जाये उन्होंने रेलवे स्टेशन बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर इंफ़ारेड थर्मामीटर पल्स ऑक्सीमीटर और रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोविड टेस्टिंग कार्य को पूरी क्षमता से संचालित किया जाये और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य को प्रभावी ढंग से किया जाये उन्होंने समी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्साधिकारियों को नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर में एक विंग गठित करते हुए इसके माध्यम से लोगों को टीकाकरण के बारे में जानकारी दी जाये प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच सौ बयालीस नये मामले सामने आये अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना के तीन हजार तीन सौ छान्नबे सक्रिय मामले हैं राज्य में कोविड नाइन्टीन से ठीक होने की दर अठानबे प्रतिशत है और अब तक पांच लाख पन्यान्नबे हजार नौ सौ बीस कोरोना संक्रमित लोग ठीक हो चुके हैं उन्होंने बताया कि रविवार को एक लाख पैंतीस हजार दो सौ सत्तावन कोरोना नमूनों की जांच की गई जिसमें से पचास प्रतिशत से अधिक नमूने आरटीपीसीआर के माध्यम से जांचे गये उन्होंने कहा कि कई राज्यों में कोरोना संकमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसलिए प्रदेश में विशेष सावधानी की आवश्यकता है प्रदेश में सप्ताह के छह दिन सोमवार से शनिवार सभी मेडिकल कॉलेज जिला चिकित्सालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर टीकाकरण सोमवार गुरूवार और शुक्रवार को किया जाता है मथुरा के बरसाना में आज विश्व प्रसिद्ध लट्टमार होली खेली जायेगी होली खेलने के लिए नंदगांव के हुरियारे परम्परा के अनुसार दोपहर दो बजे प्रिया कृण्ड पहुंचेंगे जहां बरसाना के लोग उनका स्वागत करेंगे इस मौके पर उनका स्वागत ठण्डाई पिलाकर किया जायेगा जिसके बाद हरियारे झूमते हुए पाग बांधकर खुद को लट्ठमार होली के लिए तैयार करेंगे हुरियारे यहां से सीधे बरसाने के प्रसिद्ध मंदिर श्रीराधा रानी महल पहुंचेंगे इससे पूर्व कल राधा रानी मंदिर में लड़डूओं की होली खेली गयी हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट राघारानी मंदिर में लड़ होती का आयोजन देखने के लिए कल सुबह से ही श्रद्वालुओं का सैलाब उमड़ने लग गया मंदिर परिसर श्रद्वालुओं से खचाखच भर गया राधाकृष्ण की दिव्य प्रेम की लड़ू होली का देश दुनिया से आए श्रद्वालुओं ने बरसाना में आनंद लिया हर कोई भक्ति के रंगों से सराबोर दिखाई दिया यहां सुरक्षा व्यवस्था के करे इंतजाम किये गए है उमर कुरैशी आकाशवाणी समाचार मथुरा लट्ठमार होली के आयोजन के मद्देनजर मथुरा में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गये हैं